कोराना टीके के दूसरे डोज देने की प्रक्रिया भी शुरू इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर का राज्य भर में सिरो सर्वे जारी लोगों की प्रतिरोधक क्षमता में हो रही है वृद्धि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

उन्होंने अपने भाषण में पर्यटन क्षेत्र पर जोर दिया और पर्यटन संबंधी उत्पादों में नवाचार के साथ आने का स्टार्टअप से अनुरोध किया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में आठ हजार करोड रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कृषि में सुधार होता है तो राष्ट्र तरक्की करता है श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना देगा प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बहादुर योद्वाओं को सलाम किया उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं को उपयोग करके एक ॅसबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्प थी उन्होंने कहा कि भारत शांति में विश्वास करता रहा है लेकिन हर कीमत पर राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा श्री मोदी ने बताया कि सरकार भारतीय मछुआरों के उचित हितों की रक्षा करेगी

श्री मोदी ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित हैं श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल के प्रथम चरण विस्तार का उदघाटन किया मेट्रो रेल का यह चरण तीन हजार सात सौ सत्तर करोड़ रूपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है प्रधानमंत्री ने मेट्रो रेल की यात्री सेवाओं को वाशरमैनपेट से विमको नगर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया श्री मोदी ने कहा कि मेट्रो रेल का नौ दशमलव शून्य पांच किलोमीटर लंबा यह विस्तार ट्रैक नार्थ चेन्नई को हवाई अड्डे और सेंटल रेलवे स्टेशन से जोडेगा

प्रधानमंत्री ने डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार जीर्णोद्वार और आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी इससे इसे नहर की जलधारण क्षमता बढ़ेगी इस नहर के आध्निकीकरण में दो हजार छह सौ चालीस करोड़ रूपए की लागत आएगी श्री मोदी ने आईआईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की भी आधारशिला रखी यह परिसर चेन्नई के पास तय्यूर के पास प्रस्तावित है करीब दो लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण के पहले चरण में करीब एक हजार करोड़ रूपए की लागत अनुमानित है श्री मोदी ने कहा कि यह अत्याध्रनिक कैंपस होगा

देश में कोविड मुत्युदर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है जो विश्व की सबसे कम दरों में शामिल है

उधर राज्य में कल से कोरोना टीका का दूसरा डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है

आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड के लोगों में कोविड वायरस के विरूद्व एंटीबॉडी का विकास तेजी से हो रहा है हाल के दिनों में ओडिशा से आयी आईसीएमआर की टीम ने सदर अस्पताल धनबाद के लगभग एक सौ कर्मचारियों के बीच सिरो सर्वे किया इस दौरान टीम ने कर्मचारियों के रक्त के नमूने संग्रह किये इसकी जांच ओडिशा में की जायेगी सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि सर्वे का उददेश्य लोगों में शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता की जांच करनी है उन्होंने बताया कि अब तक की प्राप्त सिरो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार धनबादवासियों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत पाई गई है कोरोना वायरस के विरुद्ध शरीर में खुद से एंटीबॉडी विकसित हो रहे हैं

मीडिया से बात करते हुए मोर्चा ने कहा कि खूंटी जिला झारखंड आंदोलन की जन्म भूमि है यहीं बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह पैदा हुए लेकिन इस जिले के आंदोलनकारी बहुत उपेक्षित हैं श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में आयोजित श्रद्वांजलि कार्यक्रम में पुलवामा घटना में शहीद हए भारतीय जवानों को पृष्प अर्पित किये शहर के गोपाल वाटिका में आयोजित शिक्षक संघ के जिला स्तरीय बैठक सह मिलने समारोह में शिरकत करने पहुंचे श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने संघ के प्रतिनिधियों के साथ शहीदों के सम्मान में मौन रखा जम्म कश्मीर के पुलवामा में शहीद विजयी सोरेंग की द्वितीय पृण्यतिथि पर आज कम्हारी विद्यालय परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर शहीद की मां लक्ष्मी देवी पिता बिरिस सोरेंग शहीद की पत्नी कर्मेला बा सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रष्प अर्पित किये भारत चीन सीमा पर कार्यरत सूबेदार ने रामगढ़ के सुभाष चौक पर पुलवामा शहीदों को श्रद्वांजलि दी और कहा हमारा देश आज बिल्कुल सुरक्षित है इस मौके पर भारत चीन सीमा पर कार्यरत सूबेदार एचएन सिंह ने घटना के दौरान के अनुभवों को लोगों के साथ साझा किये साहिबगंज जिले में सड़क सुरक्षा माह का समापन आज सुरक्षा दौड़ के आयोजन के साथ हुआ पुलिस लाइन से समाहरणालय तक आयोजित सुरक्षा दौड़ को उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि राज्य के इटखोरी महोत्सव के समय पर आयोजन को लेकर वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे राज्य भर के लोगों को इस महोत्सव का इंतजार रहता है लेकिन कोविड को देखते हुए मुख्यमंत्री से इस पर राय ली जाएगी हथियारबंद अपराधियों ने आज अहले सुबह कोलकाता से नवादा जा रही दयाल बस में सवार स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट के के दौरान विरोध करने पर उनपर गोलियां चलायी गंभीर अवस्था में गिरिडीह के ड्मरी स्थित मीणा हॉस्पिटल में भर्ती घायल व्यवसायी अभय स्वर्णकार ने दम तोड़ दिया अपराधी नगर्दी व जेवरात समेत करीब दो लाख रुपये मूल्य की संपत्ति लूटकर ले गए डकैती की यह घटना जीटी रोड पर धनबाद के तोपचांची और गिरिडीह के निमियाघाट थाना के बीच हई इमरी थाना प्रभारी राजू कुमार मुंडा के अनुसार बस पर यात्री के रूप में पहले से आधा दर्जन डकैत सवार थे

दोनों मृतक रिश्ते में ससुर और दामाद थे उधर पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के रद्दीपुर आउटपोस्ट अन्तर्गत सुंदरपहाड़ी के एक पत्थर खदान में काम करने के दौरान गिरने से मजदूर की मौत हो गयी भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे द्रसरा क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में खराब प्रदर्शन किया इंग्लैंड की पूरी टीम एक सौ चौत्तीस रन बना कर सिमट गई दूसरी पाली में भारतीय टीम ने आज खेल समाप्त होने तक एक विकेट के नुकसान पर चौवन रन बना लिये हैं और भारत ने दो सौ उनचास रन की बढ़त हासिल कर ली है

चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड एक शून्य से आगे है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड के बारे में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा कोविड टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बाटला परिचर्चा में शामिल होंगे यह कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे एफएम गोल्ड चौनल और अतिरक्त मीटरों पर प्रसारित होगा